इस वर्ष फरवरी में अंतरिम बजट में इस योजना की घोषणा की गई थी

श्री मोदी ने प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना के लाभार्थियों को पेंशन कार्ड भी वितरित किए प्रदेश में मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने मंडी में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में इस योजना का शुभारंभ किया

ये योजना स्वैच्छिक और अंशदान पर आधारित है मुख्यमंत्री ने कहा कि ये योजना श्रमिकों और उनके परिवारों को आर्थिक सहायता देने में मील पत्थर साबित होगी उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस योजना के तहत अधिक से अधिक श्रमिकों को पंजीकृत किया जाए महेन्द्र सिंह सिंचाई व जनस्वास्थ्य मंत्री महेन्द्र सिंह ने कहा है कि विद्यार्थियों को गुणात्मक शिक्षा देने की दिशा में सरकार प्रयासरत है इस दिशा में कई नई योजनाएं आरभ की गई हैं जिनमें तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास प्रमुख है महेन्द्र सिंह डॉक्टर राधा कृष्णन राजकीय महाविद्यालय धर्मपुर के वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह के मौके पर बोल रहे थे महेन्द्र सिंह ने विद्यार्थियों का आहवान किया कि वे कड़ा परिश्रम कर अच्छा रास्ता चुने और भविष्य को उज्जवल बनाएं उन्होंने विद्यार्थियों से नशे से दूर रहने का भी आह्वान किया किशन कपूर खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री किशन कपूर ने आज धर्मशाला में विभिन्न विकास योजनाओं के उदघाटन व शिलान्यास किए

किशन कप्र ने कहा कि कचहरी और सिद्वपुर में पैदल चलने योग्य पुलों के बन जाने से लोगों को हो रही असुविधा काफी कम हो जाएगी इन दोनों ही स्थानों पर सड़क के काफी व्यस्त रहने के कारण अक्सर दुर्घटनाओं का अंदेशा बना रहता है हिमस्खलन किन्नौर ज़िला में चीन सीमा के पास नमग्या डोगरी नाला में हए हिमस्खलन में शहीद हए सेना के जवान गोविंद बहादुर छेत्री का पार्थिव शरीर आज हैलीकॉप्टर द्वारा किन्नौर से चंडी मंदिर चंडीगढ़ ले जाया गया जहां से इसे हवाई मार्ग से जवान के पश्चिम बंगाल स्थित पैतृक गांव ले जाया गया है उपायुक्त किन्नौर गोपाल चंद ने बताया कि गोविंद छेत्री का शव कल खोज अभियान के दौरान मिला था

उड़ान रदद रोहतांग दर्रे पर आज भी मौसम के खराब रहने के कारण लाहौल घाटी के लिए हैलीकॉप्टर की प्रस्तावित उड़ानें नहीं हो पाई

इनमें मरीज इंटरव्यू देने वाले उम्मीदवार और स्कूली बच्चे भी शामिल हैं इस बीच आज भी हैलीकॉप्टर उड़ाने न होने पर लाहौल स्पिति जिला कांग्रेस कमेटी ने कड़ी नाराजगी जताई है

उन्होंने उड़ानों के मामले में जनजातीय क्षेत्रों के लोगों के साथ भेदभाव का आरोप लगाया